कोरोना वायरस को लेकर केन्द्र ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने को कहा लोगों की सुविधा के लिए हैल्पलाइन नम्बर जारी बर्फबारी से प्रदेश की करीब एक सौ सड़कों पर यातायात अभी भी अवरूद्व शिमला ज़िले में सबसे अधिक सड़कें प्रभावित राज्यस्तरीय मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता सोलन ज़िले के कुमारहट्टी में शुरू

उन्होंने कहा कि कौशल विकास और पर्यटन योजनाओं से भी हिमाचल में स्वरोज़गार के अवसर पैदा होंगे भाजपा की ज़िला महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों और किसानों व बागवानों के लिए ये बजट हितकारी है तथा इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार ने एकबार फिर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है और लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक दो मरीजों की पुष्टि होने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक में एहतियात के तौर पर किए जा रहे उपायों की समीक्षा की डॉक्टरों ने लोगों को जुकाम खांसी और बार बार तेज बुखार की स्थिति में तुरंत जांच करवाने की सलाह दी है आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है

जयराम ठाकुर ने आज रिठाला विकासप्री मटियाला और मोतीनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भाजपा भारी सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी जयराम ठाकुर ने दिल्ली में हुए विकास का श्रेय केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को दिया राजीव बिंदल ने भी अनेक स्थानों पर रैलियों को संबोधित करते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बीती रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा से भेंट की और प्रदेश पार्टी संगठन और सरकार के कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की विधिक शिविर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने लोगों से विधिक सेवा संस्थानों का लाभ उठाने का आहवान किया है चम्बा ज़िले के सलूणी में आज विधिक साक्षरता शिविर में उन्होंने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और बताया कि पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर और अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं

राष्ट्रीय आयोग की विशेषज्ञ ज्योति चोथीवाला ने कहा कि पूरे देश में परीक्षा से संबंधित दबाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है राज्य आयोग की अध्यक्ष वंदना कुमारी ने बताया कि परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में दबाव को कम करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

बसंतपुर ब्लॉक के नीन में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के सभी इलाकों का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है और वे गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने ओपन जिम को युवाओं को समर्पित किया और उनसे नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया सड़कें राज्य की करीब एक सौ सड़कों पर आज भी यातायात अवरूद्व बना रहा इनमें दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल हैं पिछले कल अचानक हुई बर्फबारी से शिमला सहित अन्य जिलों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है

शिमला शहर की कुछ अंदरूनी सड़कों पर भी फिसलन बनी हुई है और प्रशासन द्वारा सड़कों पर रेत बिछाई जा रही है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठण्ड से कुछ राहत मिली हालांकि राज्य के अनेक जिलों में न्यूनतम तापमान शुन्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है पिछले तीन चार दिन से राजधानी शिमला में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंद् से नीचे चल रहा है

बैडमिंटन राज्यस्तरीय मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज सोलन ज़िले के कुमारहट्टी में शुरू हुई इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ जाने माने समाजसेवी हरदीप सिंह तिवाना ने किया

राज्य बैडमिंटन संघ के महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी इस महीने के अंत में जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे गोची उत्सव सर्दी के मौसम में जनजातीय ज़िले लाहौल स्पीति में अनेक मेले और त्योहार मनाए जाते हैं इन दिनों ज़िले में गोची उत्सव की धूम है ये उत्सव पुत्र रतन की प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है और जिन घरों में बीते एक वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है वहां लोग नाच गा कर खुशी मनाते हैं इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच तीर धनुष का खेल खेला जाता है

वे हिमाचल की इकलौती खिलाड़ी हैं जिनका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है

इससे पहले भी दीपिका ने ग्वालियर में हुई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीता था